प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए संसदीय परंपराओं और नियमों का गहन अध्ययन जरूरी कहा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने सांची विश्वविद्यालय में सार्क और एशियाई देशों पर केंद्रित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर जोर दिया पूरे प्रदेश में मानसून सकिय तेज बारिश से कई जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए डाक्टर मुखर्जी का योगदान हमेशा याद रहेगा श्री मोदी ने आज बाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की प्रदेश में भी डाक्टर मुखर्जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है इंदौर में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और शहर सांसद शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने विजय नगर स्थित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी किया कटनी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के समाचार मिले हैं

वे जाने माने भारतीय राजनेता बैरिस्टर और शिक्षाविद् थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमण्डल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था राहुल जमानत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी है गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम वालों पर जान बूझकर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला दर्ज कराया था भूमि पूजन केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज जबलपुर की बरेला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पड़वार में बनाये गये गेवयन बोल्डर बांध का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा नदी पर भी जल परिवहन की संभावनायें तलाशी जा रही हैं गौरतलब है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जल संरक्षण और भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पांच दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम की शुरुआत इस गांव में गौर नदी के गौमुख से की थी इसमें सामूहिक श्रमदान और जनसहयोग से बनाये गये एक स्टापडैम का निर्माण भी किया गया है कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि नया मध्यप्रदेश बनाने और जनता की अपेक्षाएँ पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये आज राज्य विधानसभा में विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप हमें प्रदेश को बनाना है उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार प्रतिनिधि को संसदीय परंपराओं नियम प्रक्रियाओं का हमें गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे वह जनता और प्रदेश हित में बेहतर भूमिका निभा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान ने विधायिका के कर्तव्यों और अधिकारों को बेहतर ढंग से परिभाषित किया है हमें संविधान की आत्मा को आत्मसात कर अपने देश प्रदेश और क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है उन्होने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के साथ नयी पीढ़ी को जोड़ना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है उन्होने कहा कि शोर शराबा और विषय से अलग अपनी बात करने से हम न केवल अपने अधिकारों कर्त्तव्यों बल्कि क्षेत्र की जनता के साथ ही अन्याय करते हैं

एक सौ सत्तर सीटों वाली यह उड़ान लगभग चार घंटे में निर्धारित दूरी तय करेगी टेण्डर घोटाला ई टेडरिंग घोटाले मामले में आज भोपाल की एक अदालत में आरोपियों के विरूद्व चालान पेश किया गया अभियोजन के अनुसार इस प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू थाने में अपराध पंजीबद्द हुआ

विवेचना पूरी होने पर इन टेन्डरो के संबंध में भी अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा

अपने दो दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे श्री नाथ ने कहा कि इस विषय पर जल्द ही वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट से मंहगाई बढ़ेगी वही पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि से समाज का हर तबका परेशान होगा विजयलक्ष्मी सांची विश्वविद्यालय में सार्क देशों और एशियाई देशों पर केंद्रित पाठ्यक्रम और सुविधाएं मुहैया कराई जाए ये बात चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने कही वे आज सांची के बौद्व भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में आर्योजित एक बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बोल रही थीं उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से सार्क देशों से भारत के सांस्कृतिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांची विश्वविद्यालय को विश्व शिक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से कहा कि वे देश के अन्य विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को आमंत्रित कर उनके अनुभव का लाभ उठाएं इस मौके पर डॉ साधौ ने विश्वविद्यालय में क्लास रूम अकादमिक भवन प्रशासनिक भवन आदि का निरीक्षण किया तथा पीएचडी के छात्रों से भेंट भी की इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान भवन निर्माण पर प्रस्तुतिकरण भी देखा

इन कॉलेजों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा सत्रों की भी अनुमति दे दी गई है श्री वर्मा ने राज्य में चल रहे मध्यप्रदेश राज्य सड़क निगम के सभी कार्यो को तय समय सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं

कार्यशाला उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ताला में हाथियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण के लिए आज से तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई

कार्यशाला में हाथियों के आकार प्रकार के साथ उनके स्वभाव खानपान विचरण की विस्तार से जानकारी दी गई किकेट विश्वकप किकेट में आज इंग्लैण्ड के लीड़स में श्रीलंका ने भारत के विरुद्ध के पहले खेलते हुए सात विकेट के नुकसान पर दो सौ चौसठ रन बनाये और भारत को जीत के लिए दो सौ पैसठ रन बनाने का लक्ष्य दिया है

गुना विदिशा अनूपपुर झाबुआ और आलिराजपुर जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हो रही लगातार बारिश से ऑकारेश्वर बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं उधर श्योपुर जिले में सीप नदी पर बना बंजारा डेम लबालब भर गया है वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में पठा पुल क्षतिग्रस्त होने से सागर भोपाल सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया